पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मन मोहन सिंह प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिये आज कांग्रेस की ओर से भरेंगे नामांकन प्रदेश में भू जल स्तर बढाने के लिये महात्मा गांधी नरेगा के तहत वर्षाजल संग्रहण के अधिक से अधिक काम कराये जायेंगे प्रदेश के पूर्वी भागों में मौसम विभाग ने व्यक्त की भारी बारिश की संभावना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति का संरक्षण और स्वच्छता उनके दिल के सबसे नजदीक है डिस्कवरी चैनल द्वारा कल प्रसारित किया गया कार्यकम मैन वर्सेज वाइल्ड में बेयर ग्रिल्स के साथ बातचीत में श्री मोदी ने लोगो से प्रकृति से प्रेम करने और इसके संरक्षण करने की बात कही ताकि आने वाली पीढियां भी इसका आनंद ले सके श्री मोदी ने कहा कि भारत हरेभरे जंगलों जैव विविधता खूबसूरत पर्वत और नदियों वाला देश हैं उन्होंने कहा कि जिमकॉर्बेट नेशनल पार्क एक बहुत ही आकर्षक जगह है प्रकृति प्रेमियों और इसमें रूचि रखने वाले लोगों के लिये ये एक महत्वपूर्ण जगह है कल रात प्रसारित हुए इस शो के दौरान श्री मोदी ने युवाओं को सफलता के भी कई मंत्र दिए श्री मोदी ने टेलीविजन शो में कहामेरा मन काफी सकारात्मक है मुझे किसी बात से भय नहीं रहता इसलिए कभी मुझे असफलता की चिंता नहीं रहती है युवाओं को सफलता का मंत्र देते हुए मोदी ने कहा कि ॅजिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं इसलिए हमेशा ऊपर चढ़ने के बारे में ही सोचना चाहिए इस शो की शूटिंग उत्तराखंड स्थित जिमकॉर्बेट नेशनल पार्क में हुई है चन्द्रयान टू कल सुबह साढे तीन बजे पृथ्वी की कक्षा से बाहर हो जायेगा

केंद्र सरकार देष में समावेषी समाज बनाने की दिषा में काम कर रही है ताकि दिव्यांगों के विकास के लिए समान और पर्याप्त अवसर प्रदान किये जा सकें सरकार की इस पहल से दिव्यांगों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक जिंदगी की राह आसान हो रही है

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मन मोहन सिंह प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिये आज कांग्रेस की ओर से नामांकन भरेंगे कांग्रेस के पास श्री सिंह को जिताने के लिये पर्याप्त बहुमत है फिर भी कोई चूक ना रहे इसके लिये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री सिंह के नामांकन और मतदान को लेकर कल रणनीति पर मंथन किया वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस उप चुनाव में उम्मीदवार उतारने संबंधी निर्णय को आज स्पष्ट कर सकती है जयपुर में कल देर रात दिल्ली रोड स्थित ईदगाह के पास दो पक्षों मे हुए झगडे के बाद इन लोर्गो ने दिल्ली रोड पर जाम लगा दिया और पथराव किया सूचना मिलते ही एडिशनल कमिश्नर लॉ एण्ड ऑडर अजयपाल लाम्बा मौके पर पहुंचे और लोगो को समझाने का प्रयास किया इस पत्थरबाजी में एक पुलिसकर्मी सहित कुछ ॅअन्य लोग घायल हो गये पुलिस के अनुसार अब स्थित नियंत्रण में है और घटना स्थल पर भारी पुलिसबल तैनात है

प्रदेश में भू जल स्तर बढाने के लिये महात्मा गांधी नरेगा के तहत वर्षाजल संग्रहण के अधिक से अधिक काम कराये जायेंगे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कल जयपुर में यह बात कही उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग डेढ लाख टांकों के निर्माण का कार्य मनरेगा के तहत मंजूर किया गया है राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ग्रामीण जनता को अधिकाधिक राहत और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये मनरेगा योजना का विस्तार किया गया है श्री पायलट ने बताया कि राजस्थान अब मानवदिवस सुजन की दृष्टि से देश में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है

बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई ने देश में अगले तीन साल तक नये विधि कॉलेज नहीं खोलने के प्रस्ताव को कल मंजूरी दे दी बीसीआई के सदस्य ने बताया कि अगले तीन साल तक नये विधि कॉलेज खोलने पर रोंक लगाने का प्रस्ताव दिया गया था

राज्य के शिक्षकों की मदद के लिये स्थापित किये जा रहे इस केंद्र से राज्य के शिक्षकों और अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में और अधिक अच्छा कार्य करने और आने वाली च्रनौतियों को दूर करने में सहायता मिलेगी

यह जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा हरे भरे प्रदेश का लक्ष्य लेकर अधिक से अधिक लोगों को इससे जोडा जायेगा उन्होंने बताया कि रोपे गये पौधों की लगातार पांच वर्ष तक देखभाल की जायेगी प्रदेष भाजपा ने सदस्यता अभियान दस दिन और बढा दिया है सदस्यता अभियान के प्रदेष संयोजक सतीष प्रनिया ने बताया कि पूरे राज्य में पार्टी का सदस्यता अभियान तेजी स ेचल रहा है

पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोनेसा गांव के पास देर शाम करौली की तरफ आ रही पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई जिस कारण ये हादसा हुआ उधर बाडमेर जिले में कल शाम हुए दो सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गये इधर बांसवाडा जिले के खेमरा क्षेत्र में एक बस और मोटरसाईकिल की आमने सामने की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई

भारतीय मौसम विभाग नई दिल्ली की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी में कम दवाब का क्षेत्र बन रहा है जिस कारण प्रदेश में बारिश की संभावना बढ गई है